राज्यसभा चुनाव निर्वाचन आयोग ने कल राज्यसभा की अठारह सीटों पर होने वाले चुनाव के तारीखों की घोषणा की इन सीटों के लिए इस महीने की उन्नीस तारीख को मतदान होगा चुनाव के नतीजे भी उसी दिन आयेंगे मतदान सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक होगा और मतगणना शाम पांच बजे से होगी ये च्नाव झारखण्ड आंध्र प्रदेश गुजरात मध्य प्रदेश मणिपूर मेघालय और राजस्थान में होंगे झारखंड से भाजपा ने दीपक प्रकाष को कांग्रेस ने शहजादा अनवर को और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने षिब् सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंत्रिमंडल द्वारा कल लिये गये फैसलों को ऐतिहासिक बताया है उन्होंने कहा कि इनसे किसानों मजदूरों और कामगारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव को प्रोत्साहन मिलेगा सरकार के फैसलों से किसानों रेहड़ी पटरी पर कारोबार से आजीविका कमाने वालों और एमएसएमई को अधिक लाभ होगा श्री मोदी ने कहा कि एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन से न केवल आत्मनिर्भर भारत के अभियान को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि देश के उद्यमों को नया जीवन भी मिलेगा सरकार के सकारात्मक सुधारों से अनेक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे

यह योजना रेहड़ी पटरी कारोबार से जुड़े लोगों को मौजूदा चुनौती पूर्ण समय में कारोबार फिर शुरू करने को जरिये आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ेगी प्रधानमंत्री ने देश के किसानों के प्रयासों की सराहना की और ग्रामीण भारत को आवश्यक प्रोत्साहन देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई इसी प्रतिबद्धता के तहत सरकार ने खरीफ की चौदह फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में लागत की करीब डेढ़ गुणा वृद्धि की है

इसके अंतर्गत रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पिछले महीने की गई घोषणा के तहत इस योजना का शुभारम्भ किया

योजना की अवधि मार्च दो हजार बाइस तक की है पहली बार अर्द्धशहरी या ग्रामीण इलाकों के स्ट्रीट वेंडर्स को शहरी आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है इस तरह के कारोबारी दस हजार रूपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं जिसे एक साल के भीतर किस्तों में चुकाना होगा कर्ज का समय पर या पहले भुगतान करने पर सात प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी इसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत छमाही आधार पर कर्ज लेने के वाले के बैंक खाते में जमा करा दिया जायेगा

कल तक यहां संकमण के कुल मामलों की संख्या छह सौ पचहत्तर हई कल कोरोना संकमण के अठाइस मामले सामने आये जमषेदपुर में दस हजारीबाग से पांच रांची सिमडेगा लोहरदगा और गढ़वा से दो दो कोडरमा में चार और गुमला में एक मरीज पॉजिटिव निकले सभी संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री है इन्हें विभिन्न जगहों से लौटने के बाद संस्थागत क्वारेंटीन में रखा गया था

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान चार हजार आठ सौ पैंतीस रोगी ठीक हुए अब तक लगभग बानबे हजार मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इस समय देश में तिरानबे हजार तीन सौ बाइस रोगियों का इलाज चल रहा है

हालांकि केंद्र और राज्य सरकार ने कई तरह की दुकानों और गतिविधियों को अभी शुरू करने की इजाजत नहीं दी है

यह जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी करेगी सरकार को चौदहवें वित्त आयोग की राषि से बनी सड़कों में गुणवत्ता में कमी समेत कई खामियां बरते जाने की षिकायत मिली थी आरोप के अनुसार पहले से बेहतर स्थिति में कई पीसीसी सड़कों को तोड़कर प्राक्कलित राषि कई गुणा बढ़ाकर नई सड़क बनाने का आरोप है इन चालीस सड़को में सताईस सड़कों का प्राक्कलन धनबाद नगर निगम के तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा बनाया गया और डीपीआर बनाने के एवज में परामर्षी शुल्क का भुगतान किसी एजेंसी को नहीं किया गया तेरह सड़कों के लिए परामर्षी से डीपीआर और डिजाइन के लिए परामर्ष शुल्क के रूप में एक सौ छप्पन करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान किया गया इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल संसाधन विभाग में पिछले तीन साल की सभी निविदाओं की जांच कराने का आदेष दिया है श्री सोरेन ने तीस जून तक विकास आयुक्त की अध्यधता में गठित उच्चस्तरीय समिति से जांच कर प्रतिवेदन सौंपने को कहा है

ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कर्रा प्रखंड के घुनसुली पंचायत में इस अभियान की शुरूआत की इस अवसर पर उन्होंने गुनी गांव में नब्बे एकड़ जमीन पर किये गये टीसीबी कार्य की प्रषंसा की उन्होंने महिला मंडल द्वारा मनरेगा के तहत मिट्टी खुदाई और जल संचयन के काम को राज्यस्तर पर लागू करने की बात कही प्रवासी मजदर साहिबगंज जिले में कल दो सौ तिरानबे प्रवासी श्रमिक बसों से पहुंचे ये प्रवासी मजदूर महराष्ट्र केरल तमिलनाडु हरियाणा बिहार दिल्ली गुजरात बंगाल ओड़िषा पंजाब असम त्रिपुरा दमन और दीव से लौटे इन मजदूरों की प्रारंभिक जाँच की गयी और उनको होम क्वारेंटाइन किया गया इन मजदूरों में बारह लोग रेड जोन से आये हैं मेडिकल टीम ने बताया है कि ग्रीन तथा ऑरेंज जोन से आए श्रमिक स्वस्थ्य पाए गये वहीं रेड जोन से आए लोंगो को सरकारी क्वारंटाइन में भेजा गया है गिरिडीह टिडडा गिरिडीह जिले के उपायुक्त राहल कुमार सिन्हा ने टिड्डियों से फसल के सम्भावित नुकसान से बचाने के लिए कृषि विभाग को किसानों को जागरूक करने का निर्देष दिया है केंद्र सरकार के आदेषानुसर जिला प्रशासन कोरोना के साथ साथ टिड्डियों से लड़ाई के लिए भी गिरिडीह के किसानों को जागरूक कर रही है जिला कृषि पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि किसानों को टिड्डियों के ऊपर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए टिड्डियों को आवाज करके भगाया जा सकता है इसके लिए किसानों को एसएमएस किया जा रहा है उन्होंने बताया कि अभी गिरिडीह जिले में टिड्डी नहीं है

सभी तंबोली सरनाडीह के रहने वाले हैं घायल मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद लातेहार अस्पताल रेफर कर दिया गया

टंडवा एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम ने बताया कि सीआईएसएफ का जवान कुलदीप बीती देर रात से लापता था

घटना के बाद ग्रामीणों ने गोबर में ढंककर उसकी जान बचाने की कोशिश की लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ